बैठक में मुख्य रुप में पर्यटन बांस दुग्ध मत्स्य और चाय जैसे पांच महत्वपूर्ण क्षेत्र से जुड़ी मामलो पर विचार विमर्श किया जाएगा बैठक में भाग लेने के लिए फोरम के सदस्यो के अलावा सरकारी उद्योग एवं शैक्षणिक क्षेत्र से विभिन्न विशेषज्ञो को आमंत्रित किया गया है बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार करेंगे

वे श्री औ पी रावत के स्थान पर मुख्य चुनाव आयुक्त बने है श्री सुनील अरोड़ा को सितंबर दो हजार सत्रह में निर्वाचन आयुक्त बनाया था आज अपना पदभार संभालने के बाद श्री अरोड़ा ने चुनावों को पूरी तरह से स्वतंत्र निष्पक्ष शांतिपूर्ण और नैतिक बनाने में सभी हितधारको राजनीतिक पार्टियो मीडिया नागरिक समाज संगठनो और लोगो से सहयोग करने का अनुरोध किया अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव श्री अरोड़ा की निगरानी में होंगे इसके अलावा दो हजार उन्नीस में जम्मू कश्मीर ओडिशा महाराष्ट्र हरियाणा आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में होने वाले विधानसभा चुनाव भी उनके ही कार्यकाल के दोरान संपन्न होंगे

निरज़ुली में कल इंडिजिनश फैथ दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज और राष्ट्र की प्रगति परम्परा और संस्कृति के विकास के बिना अधूरी है उन्होंने सभी धर्मो के विश्वासियो के बीच आपसी सम्मान की आवश्यकता पर भी बल दिया राज्यभर में कल राज्य की अनोखी संस्कृति और परम्परा के संरक्षण पर जोर देते हुए इंडिजिनश फैथ डे मनाया गया

कार्यक्रम में डॉन बॉस्को स्क्रूल नोन्पू दोईमुख गंगा अरुणोदय और कंकरनाला नाहरलगुन के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजीव गांधी विश्व विद्यालय मनी एन आई टी यूपिया के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बोम काकिर मिशन स्कूल मिडपू और राजीव गांधी विश्वविद्यालय के छात्रो ने हिस्सा लिया छात्रो को संबोधित करते हुए भारतीय वायु सेना के ग्रूप केप्टेन सेवानिवृत मोहन्तो पांगिंग पाव ने पे बेक टू सोसायटी मिशन के लक्ष्यों के बारे में बताया राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा के दिशा निर्देश के तहत कार्यक्रम का आयोजन अरुणाचली सेन्य बल आयुक्त अधिकारियो द्वारा किया जा रहा है

वे कल किमिन के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सत्तावनवे वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे श्री मेन ने कहा कि कक्षा दस की सी बी एस ई बोर्ड परीक्षा के खराब प्रदर्शन का मुख्य कारण प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलो में कमजोर नींव रखना है उन्होंने कहा कि सी बी एस ई के परिणामो को बेहतर करने के लिए हमें प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा की ग्रणवत्ता में ओर सुधार लाने की आवश्यकता है

ओल्ड पानीदुरिया नोक्सा न्यू पानीदुरिया और होलम के ग्रामीणों को संबोधित करते हुए ई ए सी हक्रेशा क्री ने कहा कि ये कार्यक्रम केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दूरश्त क्षेत्र में रहरहे ग्रामीणो को सरकारी सेवा उपलब्ध कराने की एक पहल है

आज का अधिकतम तापमान उन्तीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बारह दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया